अब तक ग्यारह हजार चार सौ साठ लोग हो चुके हैं संक्रमित

राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन सौ उनचास नये मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार चार सौ साठ हो गई है इधर कोरोना पॉजिटिव होने वालों में आठ हजार चार सौ अठासी लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक है अभी दो हजार आठ सौ अठासी संक्रमितों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान सहरसा जिले में सबसे अधिक तिरपन और गया में चौंतीस पॉजिटिव मामले मिले हैं इसके अलावा भोजपूर में बीस भागलपूर और दरभंगा में चौदह चौदह नये मरीज मिले हैं पटना और सारण में चौबीस चौबीस पश्चिम चंपारण जिले में इक्कीस नवादा में उन्नीस खगड़िया में सोलह गोपालगंज में तेरह मधेपुरा तथा नवादा में छह छह मधुबनी और मुंगेर में पांच पांच नालंदा में उन्नीस रोहतास में सात समस्तीपुर में दो शेखपुरा जमुई लखीसराय और सीतामढ़ी में एक एक कैमूर में तीन और वैशाली में पांच नये मामलों की पुष्टि हुयी है प्रदेश में अब तक इस वैश्विक महामारी से अठासी लोगों की मौत हो चुकी है इधर देश में कोविड उन्नीस के नये वैक्सीन का ट्रायल तेरह नामी संस्थाओं की ओर से पंद्रह अगस्त से पहले पूरा किया जाना है कोविड उन्नीस के इस नये वैक्सीन के ट्रायल में पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को भी शामिल किया गया है इधर पटना के पीएमसीएच में कोरोना संक्रमण की जांच आज से फिर शुरू हो रही है इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान आईजीआईसी की कैथ लैब का टेक्निशियन संक्रमित हो गया है जिसके कारण संस्थान की लैब कल तक के लिये बंद कर दी गयी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में पांच सदस्यीय टिकट चेकिंग दल के दो टीईटी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इनके संपर्क में आये लोगों की पहचान की जा रही है इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुये पूरे मधुबनी शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आज से तीन दिनों के लिये बंद कर दिया गया है इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की द्कानें बंद रहेंगी जिलाधिकारी निलेश देवड़े ने बताया कि मधुबनी शहर में मालवाहक गाड़ियों को छोड़कर किसी भी तरह की गाड़ियों के परिचालन पर रोक रहेगी गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों में शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के चौदह नये मामले मिले हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन और मास्क तथा सैनिटाइजर के प्रयोग नहीं करने वाले पटना के छियालीस दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा तीन दिन के लिये बंद कर दिया गया है इन सभी दुकानदारों को चौबीस घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिये लोगों का मास्क पहनना की अनिवार्य कर दिया गया है उन्होंने कहा कि बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले वाहन को जब्त कर लिया जायेगा बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और उनके परिजन को कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद पटना एम्स में भर्ती कराया गया है इन सभी को आइसोलेशन बार्ड में रखा गया है श्री नारायण को दो तीन दिनों से तेज बुखार था और कोरोना के अन्य लक्षण भी दिख रहे थे जिसके बाद उनका सैंपल जांच के लिये भेजा गया देर शाम आयी रिपोर्ट में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुयी उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पायी गयी हैं गौरतलब है कि इस महीने की एक तारीख को श्री सिंह ने विधान परिषद के नौ नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी थी इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अन्य गणमान्य लोग भी वहां माजूद थे इसे देखते हुये मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी के नमूने जांच के लिये एकत्र किये गये ताजा जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित उनके कर्मियों की रिपोर्ट निगेटिव आयी है कोविड उन्नीस के प्रकोप पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने में भारत चुनिंदा देशों में शामिल है कोविड वैक्सीन बनाने के लिए सरकारी एजेंसी निजी भागीदारों के साथ सहयोग कर रही है भारत बायोटेक और जायडस कैडिला को कोविड उन्नीस के इलाज के लिए स्वदेशी वैक्सीन की क्लीनिक पूर्व परीक्षण के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मानव क्लीनिकल परीक्षण की अनुमति मिल गई है

यह भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला स्वदेशी टीका है जो कि सरकार की सर्वोच्चप्राथमिकता वाली परियोजनाओं में श्रामिल है

जायडेस के टीके को प्री क्लिनिकल चरणपुरा करने के बाद कंपनी के अहमदाबाद स्थित वैक्सीन टेक्नॉलॉजी सेंटर में विकसित कियागया था आने वाले महीनों में इन संभावितटीकों की प्रभावशीलता की पहचान करने के लिए मानवों पर इसका परीक्षण किया जाएगा भारत वायोटेक और जाइडस कैंडिला ने इस लक्ष्य को पूरा करनेके प्रयासों को गति दे दी है लेकिन अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल समी किलनिकलसाइटों के सहयोग पर निर्मर करेगा इस बीच भारत डब्ल्यूएचओ के सॉलिडेरिटी ट्रायल में भी हिस्सा ले रहा है ये ट्रायलचार उपचार विकल्पों की तुलना करने के लिए किया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय क्लिनिकलपरीक्षण है

भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचारदिल्ली कोविड उन्नीस महामारी की रोकथाम में विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण है दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने लोगों से घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने को आवश्यक बताया

हेत्थ सेक्टर में वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीजके इलाज में या उनके क्वांरटाइन में उनकी भूमिका है लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैंऔर स्वस्थ्य हैं और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है या फ्लू के लक्षण नहीं हैं तोआपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं या किसी और काम केलिए बाहर निकल रहे हैं तो ये बेहतर होगा कि आप मास्क का प्रयोग करें क्योंकि इससे आपकीसुरक्षा होती ही है दूसरे लोगों की भी सुरक्षा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा की है यह ऐप पहले से इस्तेमाल में होना चाहिए और इसमें विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपील की यह प्रतिस्पर्धा मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने और नए ऐप विकसित करने के लिए होगी श्री मोदी ने लिंकडीन पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि ई लर्निंग वर्क फ्रॉमहोम गेमिंग बिजनेस मनोरंजन कार्यालय कार्य और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदाऐप को बढ़ावा देने तथा नए ऐप विकसित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि बढ़ाने की घोषणा की है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये अब तीस नवंबर दो हजार बीस तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है इससे पहले रिटर्न दाखिल करने की तिथि इकतीस जुलाई निर्धारित थी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आयकर विभाग ने यह निर्णय लिया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में बिजली गिरने और वर्षा से संबंधित अन्य घटनाओं में इकतीस लोगों की मौत हो गयी जबकि ग्यारह लोग घायल हो गए भोजपुर में सबसे अधिक नौ लोगों की मौत हो गयी सारण जिले में पांच वहीं पटना गया और औरंगाबाद सहित आठ जिलों में सत्रह लोगों की मृत्यु हो गयी घायलों का उपचार स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है ज्यादातर लोग खेतों में काम करते समय हताहत हुए राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने मृतकों में से प्रत्येक के परिजन को चार चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण मध्यम से भारी बारिश हुयी है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी राज्य के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम इलाकों में भारी बारिश के साथ वजपात की आशंका भी जतायी है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहने की अपील की है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य के विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है वाल्मीकिनगर बराज से इक्यानवे हजार दो सौ क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण पूर्वी चंपारण में गंडक और ब्रूढ़ी गंडक नदियों के जलस्तर में व्रद्धि जारी है मुजफ्फरपुर में लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि से औराई और कटरा प्रखंड में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पहली जुलाई के बाद राज्य में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के तहत निबंधन कराने वाले कारोबारियों का पांच दिन के अंदर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा श्री मोदी ने जीएसटी सप्ताह के मौके पर कहा कि पहली जूलाई से पहले निबंधन कराने वालों का भी समय समय पर अभियान चला कर सत्यापन किया जाएगा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य में प्रदूषण फैलाने के आरोप में सोलह क्रशर इकाईयों को बंद करने का आदेश दिया है इसके अलावा इक्यानवे इकाईयों को वायू प्रद्षण नियंत्रण के लिये सख्त चेतावनी दी गयी है

श्रम विभाग ने ऑनलाइन रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस अभियान के तहत अब तक दो सौ से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग नियमित अंतराल पर जॉब शिविर और रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है इसके अंतर्गत जुलाई अगस्त और सितंबर महीने में भी दो दर्जन से अधिक जॉब शिविर लगाये जायेंगे आज गुरु पूर्णिमा है इस पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण है कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर कोई वृहत आयोजन तो नही हो रहा है लेकिल लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना श्रद्वाभाव से कर रहे हैं

पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि आरोपी थानेदार ने केस दर्ज करने के नाम पर पीड़ित से पचास हजार रिश्वत की मांग की थी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने सत्रह जुलाई से होने वाली दसवीं और बारहवीं की परीक्षा स्थगित कर दी है संस्थान के निदेशक वी वेंकेटरमन ने बताया कि अब यह परीक्षा कोरोना संक्रमण के प्रभाव कम होने के बाद ही ली जायेगी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 हिन्दुस्तान लिखता है विधान परिषद सभापति सपरिवार संक्रमित दैनिक भास्कर की सुर्खी है अठारह से जदयू का विधानसभा वचुर्अल सम्मेलन मुख्यमंत्री सात अगस्त को करेंगे वचुर्अल रैली दैनिग जागरण का शीर्षक है बिना मास्क मिले चालक सवारी तो तीन दिन के लिये वाहन जब्त प्रभात खबर ने कोरोना संकट काल के दौरान विदेशों से आये प्रवासियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखता है विदेशों से विमान से आये साढ़े नौ हजार प्रवासी आज अखबार लिखता है प्रधानमंत्री ने कहा सेवन एस की शक्ति लेकर कार्यकर्ता आगे बढें

अब तक ग्यारह हजार चार सौ साठ लोग हो चुके हैं संक्रमित